मुख्यमंत्री ने कहा कि इन सभी व्यक्तियों की स्वास्थ्य जांच करने के बाद उन्हें घर पर क्वारन्टीन किया जाएगा कोरोना प्रदेश में कोरोना संकमण से दूसरी मृत्यु हुई है मंडी ज़िले के सरकाघाट उपमंडल की चौक देव ब्राड़ता पंचायत के एक युवक की कल रात शिमला स्थित आईजीएमसी में मृत्यु हो गई

मंडी जिला उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने बताया है कि नेरचौक मेडिकल कॉलेज से कल मिली टैस्ट रिपोर्ट में ये युवक कोरोना पॉजिटिव पाया गया था उन्होंने बताया कि किडनी की समस्या से ग्रसित ये युवक हाल ही में इलाज के लिए दिल्ली गया था और पहली मई को वापिस अपने घर लौटा था

कंटेनमेंट जोन में चौक देव ब्राड़ता और रोपड़ी पंचायते शामिल हैं आने वाले दिनों में इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार का आवागमन नहीं होगा लोगों के बाहर निकलने पर पूर्ण रोक रहेगी उन्हें जरूरी सामान की आपूर्ति होम डिलीवरी सेवा से होगी

कोरोना अपडेट इस बीच प्रदेश में मौजूदा समय में कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की संख्या दो है

नई दर आज से प्रभावी हो गयी है

अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने हिमाचल में कोरोना से हुई दूसरी मौत से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है अमर उजाला की सुर्खी है हिमाचल में दूसरे कोरोना रोगी की मौत चार अस्पतालों का स्टाफ क्वारंटीन पंजाब केसरी का शीर्षक है हिमाचल में कोरोना से दूसरी मौत सरकाघाट का रहने वाला था युवक

दैनिक भास्कर लिखता है कोरोना से राज्य में दूसरी मौत किडनी रोग से परेशान था युवक हिमाचल दस्तक के मुताबिक हिमाचल में कोरोना वायरस से दूसरी मौत

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हवाले से दैनिक सवेरा टाइम्स ने सुर्खी दी है बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों के घरों को किया जाए चिन्हित पंजाब केसरी के शब्द हैं बाहर से लौटे लोगों पर रहेगी निगाह मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान दिए निर्देश

दिव्य हिमाचल लिखता है प्री प्राइमरी स्कूलों में होगी शिक्षकों की भर्ती

दैनिक सवेरा टाइम्स का कहना है हिमाचल के स्कूलों में प्री प्राइमरी शिक्षकों की अलग से होगी भर्ती प्रदेश के नए डीजीपी के लिए लॉबिंग तेज शीर्षक से हिमाचल दस्तक लिखता है संजय कुंडू डीजीपी की रेस में सबसे आगे पंजाब केसरी की एक खबर है फसले मंडियों तक पहुंचाने को हवाई परिवहन सेवा शुरू होगी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

नमस्कार